प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार आज धर्मशाला में अलग अलग स्थानों पर चुनाव प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी विशाल नैहरिया के लिए वोट मांगेंगे वहीं कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार और ठाकुर सिंह भरमौरी कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र कर्ण के पक्ष में प्रचार करेंगे उधर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर सुरेश भारद्वाज और राजीव सहजल भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए प्रचार करेंगे जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित पार्टी के विधायक कांग्रेस प्रत्याशी गंगू राम मुसाफिर के लिए वोट मांगेंगे इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी दयाल प्यारी अपने समर्थकों संग डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क उपचार सुविधा से अब तक पचास लाख से अधिक लोग लाभावित हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल एक ट्वीट में कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को इस पर गर्व होगा कि एक वर्ष में पचास लाख से अधिक नागरिकों को निशुल्क उपचार का लाभ मिला है मोदी ने कहा कि यह योजना उपचार के अलावा अनेक भारतीयों को सशक्त भी बना रही है

उन्होंने ज़िला के सभी व्यापारियों दुकानदारों ढाबा और होटल मालिकों से अपील की है कि वे पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन का सहयोग करें बैठक कृषि विज्ञान केंद्र कुकमसेरी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की कल बैठक आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति अशोक कुमार सरयाल ने कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसंधान का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के इसके प्रचार व प्रसार पर जोर दिया एससीए प्रदेश विश्वविद्यालय के नवनियुक्त केंद्रीय छात्र संघ के पदाधिकारियों को कल कुलपति सिंकदर कुमार ने पद व गोपनियता की शपथ दिलाई जिन चार छात्रों को संघ का पदाधिकारी नियुक्त किया गया है उनमें अनामिका पॉल अध्यक्ष प्रबलीन कौर उपाध्यक्ष दीपक भाटिया महासचिव और रिबा संयुक्त सचिव शामिल है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश शिक्षा नियामक आयोग के अध्यक्ष पर कार्रवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष की सरकार ने छीनीं शक्तियां बैठाई जांच दैनिक जागरण लिखता है केके कटोच को झटका शक्तियां छीनी पंजाब केसरी के शब्द हैं रैगुलेटरी कमीशन में एक डिसमिस एक को किया डिमोट हिमाचल दस्तक का शीर्षक है शिक्षा नियामक आयोग के चेयरमैन की शक्तियां छीनीं आयोग के ही कर्मचारी को कर दिया था डिसमिस दिव्य हिमाचल ने खबर दी है फोरेस्ट ऑफिसर्ज को प्रमोशन का तोहफा एक एडीशनल प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर के साथ पांच चीफ कंजरवेटर बनाए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से धर्मशाला को जोड़ने वाले सभी एनएच की सुधरेगी हालत शीर्षक से खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है इसी समाचार पत्र के अनुसार मनाली लेह मार्ग आधिकारिक तौर पर बंद अब अगले साल खुलेगा हिमाचल दस्तक की एक खबर है एनएएच में घटिया काम पर चीफ इंजीनियर समेत पांच अफसर नपे जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है कंदरौर हमीरपुर सड़क की टारिंक उखड़ने पर पांच इंजीनियरों पर कार्रवाई के आदेश दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक घटिया नेशनल हाईवे निर्माण की गाज अधिकारियों व ठेकेदार पर आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है उपचुनावों के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार जबकि अजीत समाचार ने लिखा है उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे छात्रवृति घोटाले पर पंजाब केसरी का शीर्षक है फर्जी निकले एससी एसटी सर्टीफिकेट तहसील में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं